कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि लोगों को विभिन्न विभागों के चक्कर ना लगाने पड़े इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनमंच कार्यकम के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं उनहोंने कहा कि इसके माध्यम से आमजन सीधे तौर पर सरकार तक अपनी शिकायतें व समस्यायें पहुंचा रहे हैं जिसका प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र के तियारा में होने वाले जनमंच कार्यक्रम का शुभारंभ वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे शिमला जिला की ग्राम पंचायत बसंतपुर में होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे सिरमौर जिला के पावंटा साहिब क्षेत्र के भंगाणी में आयोजित किए जाने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर करेंगे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वस्तु और सेवाकर कर ने रूपे डेबिट कार्ड भीम आधार यूपीआई और यूएसएसडी के माध्यम से भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए कैश बैक ऑफर का यह प्रसताव स्वीकृत किया गया है

आठ दिनों तक चला चंबा का अन्तर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज संम्पन्न होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे वे आज चंबा खजियार सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य का सुलतानपूर में भूमि पूजन करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उदघाटन भी करेंगे मिंजर मेला समापन की शोभायात्रा में शामिल होने के लिए अखंड चंडी महल जायेंगे और वहां से मिजंर मेला शोभायात्रा के साथ मिजंर विसर्जन के लिए रवाना होंगे

पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

प्रदेश के अधिकांश भागों में बीते कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मॉनसून एक बार फिर सकिय हो गया है राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है सरकार के मंत्रियों में कोई लड़ाई नहीं हिमाचल दस्तक का शीर्षक है जल्द भरेंगे बोर्ड निगमों में खाली पद सीएम बोले भाजपा अनुशासित पार्टी कोई नाराज नहीं अजीत समाचार की सुर्खी है बरसात के बाद होगी निगमों व बोर्डों में अध्यक्षों व उपायध्यक्षों की नियुक्तियां दिव्य हिमाचल के शब्द हैं प्रदेश सरकार बरसात के बाद करेगी ताजपोशियां अध्यक्षों उपाध्यक्षों की नियुक्यिों पर धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर का एलान वहीं आपका फैसला के मुताबिक कांग्रेस गुटबाजी की शिकार कहा प्रदेश में मजबूत स्थिति में भाजपा सरकार

जबकि दैनिक जागरण लिखता है एक हजार शिक्षकों की इंकीमेंट रूकेगी अमर उजाला और दैनिक जागरण का शीर्षक है महिला शिक्षक घर के पास होगी तैनात पुराने प्रस्ताव में ये बनाये थे नियम

दिव्य हिमाचल लिखता है एनएच प्रोजेक्टों पर हिमाचल को झटका केंद्र ने खारिज किया प्रदेश सरकार का वार्षिक प्लान इटली से सेब पौधों के आयात पर रोक शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है विदेशी कंपनी बोली गर्मियों में मंगवाए पौधे सर्वाइवल की जिम्मेदारी हमारी नहीं आपका फैसला का शीर्षक है राजकीय सम्मान के साथ शहीद विजय कुमार का अंतिम संस्कार अखबार की एक अन्य खबर है हिमाचल में आगामी दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय सर्पदंश के मामले में लिखता है विज्ञान के युग में भी लोगों की मानसिकता नहीं बदली हैं सर्पदंश होने पर लोग अब भी झाड़ फूंक को ही प्राथमिकता देते हैं